इससे टीवी सेट टायर और वीडियो गेम्स जैसी कई वस्तुएं सस्ती होंगी वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन और तीर्थयात्रियों के लिये विशेष उड़ानों के लिये लगने वाले कर को भी कम किया गया है जनधन खाताधारकों से बैंकिंग सेवाओं पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा श्री जेटली ने कहा कि इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी उन्होंने बताया कि इससे होने वाले राजस्व घाटे पर मंथन के लिये मंत्रियों की समिति गठित की जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार यह चाहती है कि कई वस्तुएं जीएसटी की निचली दरों के दायरे में आ जाये मंत्रिमंडल गठन मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श कर मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले विधायकों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है

मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिये वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह केपी सिंह एनपी प्रजापति आरिफ अकील विजयलक्ष्मी साधौ जीतू पटवारी बिसाहूलाल सिंह इमरती देवी तरूण भानौत दीपक सक्सेना पीसी शर्मा के अलावा लक्ष्मण सिंह जयवर्धन सिंह कमलेश्वर पटेल उमंग सिंगार और सचिन यादव के नाम लिये जा रहे हैं प्रभु पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू को बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार के लिये स्कॉच गोल्डन जुबली चेलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना देश की प्रगति को दर्शता है उन्होंने विकेन्द्रीकरण राज्यों के बजट और वित्त आयोगों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत बताई

स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता की जानकारी दी जा रही है महापौर अनील भोंसले ने शासकीय सुभाष उत्कृट स्कूल में आयोजित कार्यशाला में कहा कि निगम की ओर से स्वच्छता जागरूकता के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लेकिन सर्वेक्षण में अच्छे अंक तभी लाये जा सकते हैं जब इस कार्य में समाज का भी सकिय सहयोग हो उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिये भी स्वच्छता जरूरी है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी थी इस परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जायेगी प्रशंसा पत्र केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्यो के लिये मध्यप्रदेश को प्रशंसा पत्र प्रदान किया है प्रदेश की ओर से पिछले दिनों असम के काजीरंगा में हुई पांचवी नेशनल समिट में टीकाकरण को लेकर किये गये कार्यो और नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया था

यह प्रयोग अपने आप में अनूठा था केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने भी टीकाकरण क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पर प्रदेश की सराहना की है

छह दिवसीय इस उत्सव के दौरान नृत्य गायन वादन के अलावा साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि उत्सव के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही जल थल गतिविधियां भी होंगी

सजा उज्जैन की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में लोक निर्माण विभाग के पूर्व लेखापाल को चार साल के कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है विशेष न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने लोकायुक्त द्वारा दर्ज कराये गये मामले में यह फैसला सुनाया है तत्कालीन लेखापाल रामचंद्र मालवीय पर शासकीय राशि में गमन का आरोप है मालवीय को पूर्व में भी अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जीत करने के मामले में चार साल का सश्रम कारावास और चौबीस लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है

इस सम्मेलन में उनके आपसी संबंधों पोषण और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जायेगी साथ ही मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र हितग्राही तक आसानी से पहुंचे इस पर भी चर्चा की जायेगी मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का असर बना हुआ है

मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मुरैना भिण्ड ग्वालियर सीधी शहडोल जबलपुर उमरिया और होंशगाबाद जिलों में कोहरा छाया रहेगा

जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी दी जायेगी

इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिये गये हैं